इस उपचुनाव के लिये अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी की जायेगी प्रत्याशी सोलह अक्टूबर को नामांकन दाखिल कर सकेंगे और सत्रह अक्टूबर को उनके नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी

जिन विघानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं उनमें अमरोहा का नौगावां सादात बुलंदशहर का बुलंदशहर नगर फिरोजाबाद का ट्रण्डला उन्नाव का बांगरमऊ कानपुर नगर का घाटमपुर सुरक्षित देवरिया का देवरिया नगर और जौनपुर का मल्हनी विघानसभा क्षेत्र शामिल है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कूमार शुक्ला ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी करते हये बताया कि सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र वाले जिलों में आदर्श आचार सहिता लागू हो गयी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समी कोविड अस्पतालों में दवा और आक्सीजन की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश देते हये कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी मरीज को इलाज में कोई दिक्कत न आने पाये मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्हॉने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुक्या उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्द है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोविड नाइन्टीन के टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाय हाई रिस्क क्षेत्र में अधिक से अधिक टेस्ट कराये जाएं वैठक में मुख्यमंत्री ने सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि टेस्टिंग और सर्विलांस व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होगी कोविड नाइन्टीन के प्रसार को नियंत्रित करने में उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी श्री योगी ने निर्देश दिया कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों से तथा संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान को चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों से वर्चुअल माध्यम से जोड़ा जाय इससे गम्भीर रोगियों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सकेगी मुख्यमंत्री श्री योगी ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही ओपीडी सुविधा काफी उपयोगी साबित हो रही है उन्होंने इस ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की कोई कारगर दवा या वैक्सीन विकसित नही हो जाती तक तक सावधानी और बचाव ही एक मात्र उपाय है देश में पिछले चौबीस घंटों में लगभग ग्यारह लाख पचास हजार नमूनों की कोविड जांच की गई अब तक सात करोड़ इकतीस लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है भारत सदसे अधिक दैनिक जांच करने के साथ विश्व में लगातार पहला देश बना हुआ है जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में कोविड जांच की एक प्रयोगशाला थी लेकिन अब देश में एक हजार आठ सौ छत्तीस प्रयोगशालाए हैं इनमें एक हजार सत्तासी सरकारी और निजी क्षेत्र की सात सौ उन्वास प्रयोगशालाए हैं पिछले दो महीनों में औसत दैनिक जांच में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है हाल के सप्ताहों में यह करीब बारह लाख थी प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर कोविड जांच की संख्या में भी दो महीने की अवधि में कई गुना वृद्धि हुई है इस समय प्रत्येक दस लाख की आबादी पर करीब पचास हजार जांच की जा रही है जांच सुविधा में विस्तार के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दैनिक जांच बढ़ाई गई है

केन्द्र सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रवानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए केन्द्र सरकार पचास हजार रूपये देगी एक ट्वीट में पत्र सुचना ब्यूरो ने इस दावे को गलत बताया है इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है उत्तर प्रदेश हिन्दी उर्द साहित्य एवार्ड कमेटी अपने अट्ठाईसवें अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक को साहित्य शिरोमणि पुस्कार से सम्मानित करेगी उन्हें यह सम्मान उनकी संस्मरणात्मक मराठी पुस्तक चरैवेति चरैवेति के लिये दिया जायेगा श्री नाईक की इस पुस्तक का दस भाषाओं में अनुवाद हो चुका है सम्मेलन का पांच दिवसीय आयोजन आठ अक्टूबर से शुरू हो रहा है